ये इंजेक्शन सवाई मानसिंह अस्पताल के वरिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं

उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में जयपुर जोधपुर बीकानेर कोटा अजमेर और उदयपुर के मेडिकल कॉलेजों में भी ये इंजेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है

महानिदेशक पुलिस भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि ये चालान सार्वजनिक स्थानो पर मास्क नहीं लगाने वालों बिना मास्क के सामान बेचने वालों और सोशल डिस्टेन्सिग नहीं रखने वाले व्यक्तियों के किये गये हैं

इस वर्ष दस हजार से अधिक विद्यार्थी इस स्पर्धा में भाग ले रहे हैं श्री मोदी इस अवसर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी वक्तव्य देंगे

इससे विद्यार्थियों में समग्र विश्व द्र ष्टि का विकास करने में मदद मिलेगी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश में स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन बताया है उन्होंने कहा कि यह नीति भारत को विश्व में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में श्री निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे के लिए अवसरों के द्वार खोलना है ताकि उनका समग्र विकास हो सके

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर र्न कहा है कि उनका मंत्रालय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्टार्टअप को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहा है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों की काफी लम्बे समय से इस सम्बन्ध में चली आ रही मांग पर ये निर्णय लिया गया है वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से आदिवासी दिवस के अवसर पर ऐच्छिक अवकाश घोषित है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश को आजाद कराने में इन स्वाधीनता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है

राज्यपाल कलराज मिश्र ने ईद् उल अज़हा पर प्रदेशवासियों को दिये पैगाम में कहा है कि ये हज़रत इब्राहिम के महान् बलिदान की याद दिलाने वाला मुबारक मौका है ये त्योहार हमारी समुद्ध संस्कृति को और मजबूत करता है और सबके दिलों में प्रेम और सद्भावना को बढ़ाता है राज्यपाल ने कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए इस मुबारक मौके पर घर से ही इबादत करने की अपील की है

इसमें अग्रिम आरक्षण भी उपलब्ध होगा ये सुविधा प्रदेश की सीमा में यात्रा करने पर मिलेगी

इस कानून के लागू होने के एक साल पूरा होने के मौके पर देश भर की मुस्लिम महिलाओं को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि केन्द्र की वर्तमान सरकार ने तीन तलाक को अपराध घोषित किया जिससे मुस्लिम महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ा है

इस अवसर पर पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह और उनके परिजनों ने कुलदेवी की पूजा अर्चना की और सोनार किले पर ध्वज फहराया

ग्रामीणों ने मलबे से एक बच्चे का शव निकाल लिया प्रशासन की ओर से दूसरे बच्चे की तलाश की जार रही है

इनमें खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के अलावा अमरीका कनाडा ब्रिटेन जर्मनी फ्रांस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मलेशिया फिलिपींस सिंगापुर बंगलादेश म्यांमा थाईलैंड चीन इस्राइल और किर्गिस्तान शामिल हैं